सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्वि कई जिलों में बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू

प्रधानमंत्री कोविड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड महामारी को परास्त करने के लिए जांच निगरानी और उपचार की रणनीति अपनाये जाने पर बल दिया है अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में कोविड की स्थिति की वर्चुअल माध्यम से समीक्षा करते हुए श्री मोदी ने संक्रमित लोगों के संपर्क में आये लोगों का पता लगाने और जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि दो गज की दूरी मास्क है जरूरी नियम का हर किसी को पालन करना चाहिए

प्रधानमंत्री ने देश के सभी डॉक्टरों और अन्य चिकित्साकर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट के इस समय में ये सब पूरी वफादारी से अपना फर्ज निभा रहे हैं ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेल विभाग ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाडियां चला रहा है जिनसे कोविड मरीजों के लिए बड़ी मात्रा में और तेजी से ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके कोविड संक्रमण की स्थिति में रोगी के इलाज के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धंता महत्वपूर्ण है रेल मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाडियों के तेजी से आवागमन के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहा हैं रेल विभाग तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर के मालवहन के लिए पूरी तरह से तैयार है मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर के मालवहन के लिए रेल विभाग से संपर्क किया है मुख्यमंत्री कोरोना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना का संकट अत्यंत विकट है यह एक युद्ध है जिसमें सबको सारे मतमेद भुलाकर एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा सरकार अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है परन्तु जब तक समाज का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा हम कोरोना को शीघ्र नियंत्रित नहीं कर पाएंगे श्री चौहान ने कहा कि बीमारी के थोड़े भी लक्षण दिखने पर तुरत जाँच करवायें तथा होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर में रहकर इलाज लें यहाँ सरकार द्वारा दवाओं डॉक्टर का परामर्श की पूरी व्यवस्था की गई हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए संक्रमण की चेन को तोड़ना बहुत आवश्यक है

गाँव मोहल्लों कॉलोनियों बिल्डिंग्स में लोग जनता कर्फ्यू लगाएँ बाहर जाते समय मास्क अनिवार्य रूप से लगाएँ सामाजिक दूरी रखें और अन्य कोरोना संबंधी सावधानियों का पालन करें श्री चौहान ने कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में सभी धार्मिक सामाजिक राजनैतिक तथा अन्य संगठनों एवं जन सामान्य से पूरा सहयोग करने की अपील की

जबलपुर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस द्वारा जन जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है इसमें लोक गीत और नुक्कड़ नाटक के जरिये लोगों को जागरुक करने की अनूठी पहल की जा रही है जेईई परीक्षा देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए इस वर्ष अप्रैल में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मुख्य परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्थगित कर दी है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस परीक्षा को स्थिगित करने का फैसला किया

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा कि परीक्षा की संशोधित तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी

जेईई मुख्य परीक्षा इस वर्ष चार सत्रों में आयोजित की जानी थी फरवरी और मार्च में इस परीक्षा के दो सत्र पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं

रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि केंद्र सरकार इस दवा की सस्ती दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है रेमडेसिविर को गंभीर कोरोना रोगियों के बेहतर इलाज में प्रभावी पाया गया है

जबकि दूसरा मुकाबला डेल्ही कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच होगा

इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार